राज्य स्थापना की उन्नीसवीं वर्षगांठ के अवसर पर श्रीनगर में महिला सम्मेलन मातृशक्ति आयोजित किया गया सम्मेलन में प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने महिला समूह द्वारा बनाये गये झंगोरे के लड्डू के विपणन की शुरुआत की मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय उत्पाद पौष्टिक हैं और रसायनों से मुक्त हैं झंगोरे के लड्डओं को बाजार देकर सरकार ने महिला समूहों को मजबूत करने की पहल की है

प्रदेश के सबसे बड़े विकासखंड भिलंगना के प्रमुख पद पर भाजपा उम्मीदवार ने जीत हासिल की

आज मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया दस बजे से शुरू हुआ मतदान अपराह तीन बजे संपन्न हुआ जिसके बाद मतगणना का कार्य शुरू हुआ कल जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए मतदान होगा

इसके बाद मतगणना और परिणाम घोषित किये जाएंगे हाईकोर्ट चुनाव हाईकोर्ट ने पौड़ी जिले के नैनीडांडा ब्लॉक प्रमुख पद का चुनाव एक मनरेगा कर्मचारी के लड़ने पर सरकार और चुनाव आयोग से तीन सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है आपको बता दें कि नैनीडांडा ब्लाक से चुनाव लड़ रहीं कांग्रेस प्रत्याशी मनीषा सोनी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि उनके खिलाफ जो दूसरे प्रत्याशी प्रशांत कुमार बछवाड़ चुनाव लड़ रहे हैं वह मनरेगा में कार्यरत हैं पद का लाभ लेने का आरोप लगाते हुए उन्होंने इस मामले की शिकायत निर्वाचन अधिकारी से चुनाव से पहले ही कर दी थी इसके बाद प्रशांत कुमार ने अपना इस्तीफा खण्ड विकास अधिकारी को दिया जबकि यह इस्तीफा जिला विकास अधिकारी को दिया जाना चाहिए था इस्तीफा अभी तक स्वीकार नहीं हुआ है याचिकाकर्ता ने प्रशांत कुमार का ब्लाक प्रमुख का नामांकन सहित बीडीसी की सदस्यता निरस्त करने की मांग की है जीएसटी बैठक मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने अधिकारियों को जीएसटी के तहत राजस्व टारगेट निर्धारित करने के निर्देश दिये देहरादून में जीएसटी की बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी में कहीं भी कोई लीकेज की समस्या आ रही है तो इससे उच्चाधिकारियों को अवगत कराया जाय उन्होंने कहा कि जीएसटी से राजस्व बढ़ाने के लिए क्या और प्रयास किये जा सकते हैं इसके लिए गम्भीरता से सोचने की जरूरत है उन्होंने अधिकारियों को व्यापारियों के साथ बैठकर उनकी समस्याओं को सुनने और समस्याओं का समाधान करने का हर समभव प्रयास करने के निर्देश भी दिये मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्विस सेक्टर पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है ई कॉमर्स और ऑनलाईन मार्केटिंग से संबंधित सेवाओं में राजस्व संग्रह के लिए और अधिक प्रयासों की जरूरत है स्पोर्ट्स स्टेडियम हल्द्वानी स्थित गौलापार अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स स्टेडियम और कॉम्पलैक्स के निर्माण के दौरान मिली खामियों की जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी सविन बंसल को भेज दी गई है जिलाधिकारी ने उच्चस्तरीय तकनीकी जांच के लिए खेल सचिव और मुख्य सचिव को संस्तुति भेजी है

जिलाधिकारी ने स्टेडियम के निरीक्षण के दौरान कई खामियां पायी

वहीं खेल महाकुम्भ के अन्तर्गत कई प्रतियोगिताएं भी अन्तर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स काम्पलैक्स में प्रस्तावित हैं

श्री नबियाल ने खेल महाकुम्भ की पूरी तैयारी का डाटा जिला युवा कल्याण अधिकारी को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये उन्होंने संबंधित विभागों को खेल महाकुंभ के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं करने को कहा

नामांकन पिथौरागढ़ पिथौरागढ़ उपचुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन आज भाजपा और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख दलों के उम्मीदवारों ने अपना पर्चा दाखिल किया भाजपा उम्मीदवार चंद्रा पंत ने सांसद अजय टम्टा समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में अपना नामांकन पत्र जमा किया इस दौरान भाजपा प्रत्याशी चंद्रा पंत त्रने जीत का दावा करते हुए अपने पति दिवंगत प्रकाश पंत के अधूरे कार्यो को पूरा करने की बात कही वहीं भाजपा सांसद अजय टम्टा ने कहा कि उपचुनाव में चंद्रा पंत के पक्ष में सहानुभूति की लहर है और पिथौरागढ़ की जनता पूर्व वित्त मंत्री प्रकाश पंत द्वारा किये गए कार्यो को देखते हुए भारी मतों से भाजपा प्रत्याशी को जिताएगी जहां भाजपा ने सादगी के साथ नामांकन दाखिल किया तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी अंजू लुंठी ने ढोल नगाड़ों के साथ पर्चा दाखिल किया जुलूस के साथ कलेक्ट्रेट पहुँचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अंजू लुंठी के समर्थन में नारेबाजी की इस दौरान अंजू लुंठी के साथ पूर्व विधायक मयूख महर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी सहित कई कांग्रेसी दिग्गज मौजूद रहे अंजू लुंठी ने जीत का दावा करते हुए कहा कि वह पूर्व विधायक मयूख महर के उन सभी कार्यो को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगी जो भाजपा कार्यकाल में रुक गए है

जूना अखाड़े के अध्यक्ष स्वामी प्रेमगिरि महाराज के नेतृत्व में दशनामी छड़ी यात्रा के हरिद्वार लौटने पर जिलाधिकारी दीपेंद्र चौधरी और एसएसपी सेंथिल अबुदई कृष्णराज ने भव्य स्वागत किया दशनामी छड़ी यात्रा सालों से बंद थी और संत समाज ने इस वर्ष से इस यात्रा को दोबारा शुरू करने का संकल्प लिया था

जूना अखाड़ा के संरक्षक और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री स्वामी हरिगिरि महाराज ने कहा कि इस यात्रा के मुख्य उद्देश्य है कि साधु संत छड़ी यात्रा से जुड़े और गरीब भी इस यात्रा के द्वारा प्रदेश के तीर्थ स्थलों के दर्शन कर सके पर्यावरण जागरूकता शहरों में बढ़ते प्रदूषण को लेकर केरल राज्य का एक युवक लोगों को पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रेरित कर रहा है

उन्होंने कहा कि ग्लोबल वॉर्मिंग के चलते मौसम परिर्वतन हो रहा है केरला में इस साल पूरे आठ महीने तक बारिश रही और देश के कई हिस्सों में पानी की ब्रंद बूंद के लिए लोग तरस गये उन्होंने कहा कि बढ़ रहे प्रदूषण को कम करने के लिए लोगों को अभी से संघर्ष करना होगा क्रिस्टी रोडर गॉज ने बताया कि वह तमिलनाड़ कर्नाटक आंध्रा प्रदेश ओडिसा झारखंड बिहार उत्तर प्रदेश दिल्ली पंजाब हरियाणा जम्मू कश्मीर हिमाचल राजस्थान होते हुए उत्तराखंड पहुंचे हैं अवमानना नोटिस नैनीताल हाईकोर्ट ने पूर्व पारित आदेश का पालन नहीं करने पर डिविजनल लॉजिंग मैनेजर माइनिंग नंधौर वन विकास निगम को अवमानना का नोटिस जारी किया है साथ ही चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं

याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया था कि इस संबंध में डीएलएम को प्रार्थना पत्र दिया गया था लेकिन उनके प्रार्थना पत्र को पॉलिसी का हवाला देते हुए खारिज कर दिया गया था जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी अवमानना याचिका में कहा गया कि आदेश का पालन अभी तक नहीं किया गया है अब संक्षिप्त समाचार बागेश्वर में जनवरी में मकर संक्रांति के अवसर पर लगने वाले ऐतिहासिक उत्तरायणी मेले को लेकर नगर पालिका ने तैयारियां शुरू कर दी हैं पालिका बोर्ड की बैठक में मेले की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई अल्मोड़ा में राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज नन्दादेवी मन्दिर प्रांगण से एक भव्य सांस्कृतिक शोभायात्रा का आयोजन किया गया शोभायात्रा में कुमाऊं के पारम्परिक वाद्ययन्त्रों परिधानों के साथ ही पर्वतीय संस्कृति का भी प्रदर्शन किया गया चमोली जिले बिरही में चल रही रामलीला में कलाकारों ने अनूठे तरीके से लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया